केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश भर में अब तक आठ लाख छह हजार लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा चुका है

भाजपा किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर कल प्रदेशभर में करेगी जिला स्तरीय प्रदर्शन

यह सत्र छब्बीस मार्च तक चलेगा इस दौरान कुल चौबीस बैठकें होंगी इस संबंध में विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है बजट सत्र की शुरूआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी इस दौरान वित्तीय और अन्य शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि चौबीस घंटे के दौरान एक लाख इकतीस हजार छह सौ उनचास लोगों को टीके लगाए गए इस बीच केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के टीके को पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी बताते हुए कहा है कि इस टीके से कोरोना महामारी का सफाया हो जायेगा कोविड टीके को लेकर संशय दूर करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार सचित्र पोस्टर को जारी करते हुए उन्होंने बताया कि देश में अब तक आठ लाख से अधिक लोगों को यह टीका लगाया गया है और बहुत कम मामलों में इसके साइड इफेक्टस सामने आए हैं उन्होंने जोर देकर कहा कि दो स्वदेशी टीकों को पर्याप्त वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद ही मंजूरी दी गई है डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कई देश इन टीकों को अपने यहां आयात करने के लिए भारत से संपर्क में हैं इन टीकों के बारे में भ्रामक सूचनाओं का खंडन करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि चेचक और पोलियो जैसी विभिन्न बीमारियों के उन्मूलन में टीकों ने अतीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है

आठ जनवरी से चौदह जनवरी के दौरान उनयासी लोगों की मौत हुई है राज्य स्तरीय डेथ ऑडिट रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि अड़सठ प्रतिशत मृत्यु कोमार्बिडिटी के कारण हुई जबकि बत्तीस प्रतिशत कोविड के कारण हुई है चिकित्सकों का कहना है कि बुजुर्गो को सर्दी खांसी जैसे लक्षण आने पर तत्काल जांच करानी चाहिए इस बीच प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना के पांच सौ चौरानवे नये प्रकरण सामने आए हैं वर्तमान में पांच हजार आठ सौ संतानवे लोगों का होम आइसोलेशन और विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है इधर प्रदेश में कल सर्वाधिक टीकाकरण किया गया तिरसठ प्रतिशत स्वास्थ्य कर्मियों ने कल वैक्सीन लगवाई धमतरी जिले में कोरोना को मात देने वाले कोरोना वारियर्स को कोविशील्ड के टीके लगाए गए जिले में अब तक पांच सौ से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका हैं जिनमें किसी में भी नकारात्मक लक्षण नहीं पाए गए हैं टीबी पहचान प्रदेश में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी के मरीजों की पहचान के लिए चरणबद्व ढंग से विशेष अभियान चलाया जा रहा है इस अभियान के पहले चरण में उच्च जोखिम समूहों में सघन जांच की जा रही है जेल में बंद कैदियों खदान श्रमिकों शहरी मलिन बस्तियों वृद्वाश्रमों प्रवासी मजदूरों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जांच कर संदिग्ध और धनात्मक मरीजों की पहचान की जा रही है दूसरे चरण में एक माह तक पूरी आबादी में घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा जिला स्तर विकासखंड स्तर एवं पंचायत स्तर पर तुलनात्मक रूप से टीबी के अधिक मरीज पाए जाने वाले उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की संचालक डॉ प्रियंका शुक्ला ने बताया कि अभियान के दौरान सात लाख लोगों की जांच का लक्ष्य है वहीं राजनांदगांव जिले में ग्यारह जनवरी से टीबी रोगी पहचान अभियान चलाया जा रहा है जो पन्द्रह फरवरी तक चलेगा अब तक जिले में एक सौ अंठावन लोगों में टीबी की पहचान की गई है प्रधानमंत्री आवास योजना केन्द्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक एक करोड़ एक लाख से भी अधिक मकानों के निर्माण को मंजूरी दी जा चुकी है इनमें से इकतालीस लाख मकानों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है जबकि सत्तर लाख का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा कि केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बावनवीं बैठक में एक लाख अड़सठ हजार छह सौ छह और मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई

इस अवसर पर मंत्रालय में सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों से इस योजना को तेजी से लागू करने को कहा उन्होंने अधिकारियों से मकानों का निर्माण समय पर पूरा करने और उन्हें लाभार्थियों को वितरण करने को भी कहा है

देवगुड़ी की सुरक्षा और विकास के लिए राशि देने के साथ ही सड़कों और पुल पुलियां का निर्माण भी किया जा रहा है श्री बघेल डौंडी विकासखंड के ग्राम ठेमाबुजुर्ग में आयोजित शहीद शिरोमणी गैंदसिंह के पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद गैंदसिंह का बलिदान अविस्मरणीय है हमारे पुरखों के बलिदान को आने वाले पीढ़ी को बताना जरूरी होगा इसलिए आदिवासी पंरपरा को संरक्षित रखने नवा रायपुर में शोधपीठ का निर्माण किया जाएगा मुख्यमंत्री ने हल्बा समाज के लोगों की मांग पर राजनांदगांव में शहीद गैंदसिंह की प्रतिमा स्थापना की घोषणा की उन्होंने मंगलभवन निर्माण के लिए बीस लाख रूपए की स्वीकृति के साथ ही गोड़लवाही में आश्रम छात्रावास और स्कूल भवन निर्माण की भी घोषणा की श्री बघेल ने कहा कि अब्रुझमाड़ के परलकोट में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में आदिवासियों ने भाग लिया शहीद गैंदसिंह भी उनमें से एक हैं जो बीस जनवरी अट्ठारह सौ पच्चीस को शहीद हुए राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रदेश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन पच्चीस जनवरी को किया जाएगा इस अवसर पर रायपुर दुर्ग सहित विभिन्न जिलों में मतदाता जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे सभी मतदाता बने सशक्त सतर्क सुरक्षित एवं जागरूक थीम पर केन्द्रित कार्यक्रम की शुरूआत ई ईपिक से की जाएगी जिसे मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकता है इच्छुक मतदाता डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट वोटर पोर्टल डॉट ईसीआई डॉट जीओवी डॉट इन पर ई ईपिक डाउनलोड कर सकते हैं जिन निर्वाचकों का मोबाइल नंबर अथवा ई मेल पंजीकृत नहीं हैं उन्हें उचित प्रक्रिया के अनुसार ई केवाईसी कराना पड़ेगा

इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता कलेक्टोरेट का घेराव कर अपनी गिरफ्तारियां देंगे राजधानी रायपुर में प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सांसद सुनील सोनी पूर्व विधायक बृजमोहन अग्रवाल शामिल होंगे वहीं बिलासपुर में भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष बद्रीधर दीवान पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधे तथा बस्तर में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय के साथ पूर्व मंत्री केदार कश्यप लच्छू राम कश्यप इस प्रदर्शन में शामिल होंगे वहीं भिलाई दुर्ग में सुश्री सरोज पांडेय पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय बलौदाबाजार में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल दंतेवाड़ा में पूर्व सांसद दिनेश कश्यप महेश गागड़ा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जाएगा इसी तरह अलग अलग जिलों में सांसद और विधायक प्रदर्शन और कलेक्टोरेट घेराव में शामिल होंगे प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर जगदलपुर में आयोजित पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस ने दो साल के कार्यकाल के दौरान किसानों के साथ धान खरीदी में गड़बड़ी की भाजपा ने जीत के लिए दो हजार तेईस को लक्ष्य माना है और उसी के अनुरूप बाईस जनवरी को सभी जिलों में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का धेराव करने और गिरफ्तारी देने का निर्णय लिया है श्री साय ने कहा कि भाजपा कार्यकताओं से कहा है कि वे जमीनी स्तर पर कार्य करे और प्रदेश में सरकार बनाने के लिए प्रयास करें उन्होंने सांसद स्वर्गीय बलिराम कश्यप को याद करते हुए उनकी कार्यशैली अपनाने की अपील कार्यकर्ताओं से की

यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों के हक के लिए किए जा रहे इस प्रदर्शन में भाजपा का हर कार्यकर्ता शामिल हो बैठक में पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि लोकतंत्र में मिले जनादेश के दायित्व को कांग्रेस जनता के शोषण का अधिकार समझ रही है इसलिए कांग्रेस के अन्याय के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जाएगा बैठक में पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि राज्य सरकार लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है लेकिन भाजपा के लोगों ने संघर्ष करने का दायित्व चुना है इस बैठक में जिला पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष पार्षद मोर्चा प्रकोष्ठ अध्यक्ष और जिला कार्यसमिति को सदस्य शामिल हुए इस बीच राजनांदगांव जिले में किसानों के मुद्दे को लेकर होने वाले प्रदर्शन के बारे में आयोजित एक पत्रकारवार्ता में पूर्व विधायक विमल चोपड़ा ने बताया कि इस प्रदर्शन में सभी मंडलों के कार्यकर्ता कलेक्टोरेट का घेराव करेंगे श्री चोपड़ा ने कहा कि धान खरीदी में बारदाना को लेकर राज्य सरकार केन्द्र सरकार पर जबरिया आरोप लगा रही है जो उचित नहीं है श्री चोपड़ा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र में लिखे वादों को पूरा न करके किसानों से वादाखिलाफी की है पीआईबी वेबिनार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय और प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय रायपुर द्वारा आज कोरोना संक्रमण से बचाव में स्वच्छता के महत्व पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया इसमें राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक लोक कलाकार और छात्र छात्राएं शामिल हुए अंबिकापुर जिला सरगुजा के आयुष मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मुकेश माहौर ने कहा कि स्वच्छता को अपनाना है कोरोना को भगाना है इस नारे में ही स्वच्छता की महत्ता निहित है उन्होंने कहा कि हाथों की सफाई फेस मास्क सामाजिक दूरी और भोजन की स्वच्छता से न केवल कोरोना जैसी बीमारी से बल्कि अन्य बीमारियों से भी बचा जा सकता है वेबिनार में स्वच्छता सेनानी बागबाहरा के विश्वनाथ प्राणीग्रही ने भी अपने विचार साझा किए आरक्षक भर्ती रायपुर जिले में आरक्षक संवर्ग के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा अट्ठाईस जनवरी से शुरू होगी जो पन्द्रह फरवरी तक चलेगी उम्मीदवार बाईस जनवरी से छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाईट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकतें हैं आरक्षक संवर्ग के दो हजार दो सौ उनसठ रिक्त पदों की पूर्ति के लिए कुल अड़तालीस हजार दो सौ अठहत्तर अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए रोल नंबरवार शेड्यूल जारी किया गया है पक्षी महोत्सव दुर्ग जिले के गिधवा परसदा में तीन दिवसीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा इकतीस जनवरी से दो फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में पक्षी विशेषज्ञ पक्षियों के व्यवहार पर व्याख्यान देंगे साथ ही गिधवा से परसदा तक स्कूली बच्चों द्वारा पिनटेल मैराथन का आयोजन किया जाएगा महोत्सव में लाइव फोटोग्राफी प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे दुर्ग जिले के वनमंडला अधिकारी धम्मशील गणवीर ने बताया कि महोत्सव में रूचि रखने वाले लोग ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं गौरतलब है कि गिधवा परसदा में सौ एकड़ क्षेत्र में पुराने तालाब के अलावा जलभराव वाला जलाशय है जहां स्थानीय पक्षियों की पचास से अधिक प्रजातियों के साथ ही विदेशी पक्षी भी पाए जाते हैं हादसा कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड के ग्राम अमरा में मिट्टी धसकने से करीब दस लोग मिट्टी में दब गए ग्राम अमरा के जंगल से होकर गुजरने वाली नदी के किनारे ग्रामीण सफेद मिट्टी लेने गए हुए थे इसी दौरान करीब दस महिला पुरूष मलबे में दब गए घायलों को भैंसवार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया है शहरी सरकार आपके द्वार रायपुर नगर पालिका निगम द्वारा सत्ताईस जनवरी से दो मार्च तक शहरी सरकार आपके द्वार लोक अभियान कार्यक्रम चलाया जाएगा इसके तहत निगम के सभी वार्डो में शिविर लगाकर लोगों की स्वास्थ्य सफाई और नल कलेक्शन संबंधित समस्याओं का निराकरण किया जाएगा इस शिविर में नागरिकों से स्वच्छता सर्वेक्षण ऐप फीड बैक भी लिया जाएगा इन शिविरों में महापौर सभापति मेयर इन काउंसिल के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे जिला कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने शहरी सरकार आपके द्वार अभियान में जिलों के अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई है मौसम प्रदेश में उत्तरी दिशा से ठंडी और शुष्क हवा आना शुरू हो गई इसके कारण अगले चौबीस घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है इस अवधि में आसमान साफ रहने और मौसम शुष्क रहने की संभावना है संक्षिप्त समाचार धमतरी जिले में मध्यान्ह भोजन कर्मचारियों ने मानदेय बढ़ाने के साथ ही दस सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा मुंगेली जिले में मनरेगा कर्मचारियों ने सात सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने आज कबीरधाम जिले में महिला प्रताड़ना के प्राप्त आवेदनों पर जनसुनवाई की और नौ प्रकरणों में से आठ प्रकरणों का निराकरण मौके पर ही किया धमतरी जिले के कुरूद ब्लॉक के ग्राम गोजी में आज कबड्डी खेलने के दौरान एक खिलाड़ी की दबने से मौत हो गई बलरामपुर जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस ने मोटर साइकिल रैली निकाली जिसे पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया कोंडागांव जिले के ग्राम छुईधोड़ा से अवैध रेत परिवहन के मामले में खनिज विभाग ने चार ट्रैक्टर को जब्त किया है कबीरधाम जिले की पुलिस ने मोटर साइकिल चोरी करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है उनके पास से छह मोटर साइकिलें बरामद की गई हैं गरियाबंद पुलिस ने बूचड़खाना ले जाते समय साठ मवेशियों को जब्त किया और इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जांजगीर चांपा जिले के हथनेवरा गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी

दंतेवाड़ा जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मनरेगा मजदूरों के प्रदर्शन में शामिल हुए